मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश में नवनिर्मित सात चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस प्रथम बैच के छात्र छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को संबोधित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिये लगातार काम कर रही है उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और खर्च के बाद छात्र छात्राएं चिकित्सक बनते हैं इसलिये उन्हें मरीजा को सेवा भाव से काम करना चाहिये

अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर की जा सकेगी

यानी हर जनपद में अच्छे डॉक्टर देने की प्रक्रिया का हिस्सा हम बन पायेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिले के मिहींपुरवा में एक जनसभा को संबोधित कर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और ज्यादा से ज्यादा लोगा को इन योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि रेडियो संचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम ह

सामुदायिक रेडियो की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो हाल के दिनों में संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है और लोकतंत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहा है श्री जावड़ेकर ने विभिन्न क्षत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए विभिन्न सामुदायिक रेडियो चैनलों को उत्कृष्टता पुरस्कार दिए विषयगत श्रेणी में उत्तर प्रदेश के सलाम नमस्ते को दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया रेल राज्य मंत्री सुरेश अगडो ने आज लखीमपुर खीरी में आयोजित एक समारोह के दौरान लखीमपुर सीतापुर रेल प्रखंड पर छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के बाद विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखा कर रेल यातायात की शुरूआत की गौरतलब है कि इस प्रखंड पर यातायात शुरू हो जाने के बाद लखीमपुर खीरी से लखनऊ बड़ी लाइन के द्वारा जुड़ गया है अक्टूबर दो हजार सोलह में इस प्रखंड पर रेल यातायात आमान परिवर्तन के कारण बंद कर दिया गया था इस अवसर पर बोलते हुए रेल राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही मैलानी रेलवे स्टेशन तक रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जायेगा और इस जनपद को शीघ्र ही हेरीटेज रेलगाड़ी उपलब्ध कराई जायेगी और विवरण हमारे प्रतिनिधि से केन्द्रीय रेलवे राज्य मंत्री सुरेश चन्द अंगड़ी ने हरी झंडी दिखा कर एक स्पेशल ट्रेन को लखीमपुर से सीतापुर तक के लिये रवाना किया है कल से यहां पर ब्राडगेज ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जायेगा और यहां की जनता लखीमपुर से सीधे गोरखपुर तक की ट्रेनों का लफ्त उग सकेंगे

श्यामजी अग्निहोत्री आकाशवाणी समाचार लखीमपुर खीरी रेल राज्य मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे ने पिछले पांच वर्षो में कई रेल परियोजनाओं को पूरा किया है और कई योजनाओं की कार्य प्रगति पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सुबह दस बजे फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया जाएगा

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुलसचिव तथा उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में फिट इंडिया मूवमेंट के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण स्क्रीन लगाकर छात्रों के देखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर दिलाए जाने वाली फिटनेस शपथ को सभी छात्र जनप्रतिनिधि और नागरिक ग्रहण करें साथ ही अपने जीवन में उनका अमल भी करे राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित राजभवन में खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रदेश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को एक और कार्यकाल के लिये पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और आल इंडिया स्टेट पार्टी यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मायावती को सर्वसम्मति से फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है लखनऊ में पार्टी कार्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी गई इस मौके पर मायावती ने सभी के प्रति आभार जताया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

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़कों और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं का लगातार निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बदाश्त नहीं की जायेगी श्री मौर्य कल लखनऊ में लोक निर्माण विभाग सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम की परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे हटाने के कड़े निर्देश दिये

केंद्र सरकार ने जनआषधि केंद्रों पर मिलने वाली सेनेटरी नैपकिन का मूल्य प्रति नैपकिन ढाई रुपये से घटाकर एक रुपये कर दिया है केंद्रीय रसायन और ऊर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बताया कि इससे महिलाओं की स्वास्थ्य हाईजीन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा

देशभर में साढ़े पांच हजार जेनेरिक दवाओं की दुकानों पर ये नेपकिन बेचे जाएंगे श्री गौड़ा ने एक मोबाईल एप जनऔषधि सुगम की भी कल शुरूआत की जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति निकटतम जनऔषधि केंद्र का पता लगा सकता है

उन्होंने कहा कि नियम बनाकर निर्माणाधीन सरकारी एवं निजी भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिग सिस्टम को अनिर्वाय किया जाये ऐसा न करने वालों पर बड़ा जुर्माना एवं कड़ी सजा का प्रावधान किया जाये श्री सिंह कल लखनऊ में भूगर्भ जल विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा कर रहे थे

जल शक्ति मंत्री ने विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यो की मॉनीटरिंग प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा है प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जायेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सत्तावन जिलों को चयनित किया गया है जहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में एक से उन्नीस आयु वर्ग के सभी बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जायेगी जो बच्चे दवा खाने से छूट जायेंगे उन्हें तीस अगस्त से चार सितम्बर के दौरान दवा खिला कर कृमि मुक्त किया जायेगा